प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अत्यंत गम्भीर हो गयी है राज्य के सोलह जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर सड़सठ लाख हो गयी है एक सौ इक्कीस प्रखंडों की ग्यारह सौ पैंसठ पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कई स्थानों पर लगातार सुरक्षा बांध टूटने की घटनाए हो रही है मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में एक रिंग बांध और दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में जमींदारी बांध में फिर से टूट की घटना हुई है दरभंगा मुजफ्फरपुर सारण खगड़िया और समस्तीपुर जिले में कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के दो सौ पंचायतों में उन्नीस लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं बागमती अधवारा समूह और कमला बलान नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और कई स्थानों पर बांधों के टूटने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ गयी हैं

जिले में कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है जिले के चौदह प्रखंडों के साढ़े तीन लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इधर मुजफ्फरपुर जिले में सकरा पारू और बंदरा सहित अन्य प्रखंडों के नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है बागमती गंडक बूढ़ी गंडक लखनदेई बाया और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण जिले के चौदह प्रखंडों की दो सौ सत्ताईस पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं

जिले के साथ प्रखंडों में एक लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं पानी का दबाव बढ़ने से कई स्थानों पर बांधों के ट्टने का खतरा मंडरा रहा है भय के चलते लोग रातभर जाग कर निगरानी कर रहे हैं जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी से कल गनगैर प्रखंड स्थित गंडक पर बने चंदपुरा बांध को टूटने से बचा लिया गया गंडक बराज से डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सारण जिले में मढौरा मकेर और मशरक प्रखंड के दस गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है सारण तटबंध से सटे जिलों में दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी और सहरसा जिले में कई स्थानों पर रेल पुल पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ गया है कई स्थानों पर रेल पुलों के बिल्कुल नदजीक से पानी बह रहा है समस्तीपूर रेल मंडल अन्तर्गत छह स्थानों पर बाढ़ के पानी के कारण समस्तीपुर दरभंगा सहरसा मानसी और दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है इधर मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने बाढ़ से प्रभावित दरभंगा गोपालगंज पूर्वी और पश्चिम चम्पारण जिले का हवाई सर्वेक्षण किया श्री कुमार दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों से भी मिले और वहां चलाये जा रहे राहत कार्य का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे लोगों का कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया है राज्य में आठ राहत शिविर चलाये जा रहे हैं जिसमें बारह हजार से अधिक लोग रह रहे हैं बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय राजमार्गों स्टेट हाईवे और बांधों पर शरण लिये हुये हैं अब तक चार लाख अस्सी हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं वहीं प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए तेरह सौ से अधिक सामुदायिक रसोई घर संचालित किये जा रहे हैं राज्य सरकार ने कहा है कि बाढ़ के कारण जिन क्षेत्रों में मछली पालकों और पश्पपालकों को नुकसान है उन्हें क्षतिपूर्ति की जायेगी प्रदेश में बाढ़ के कारण तालाबों पोखरों में पानी भर जाने से भारी क्षति हुई है वहीं मुर्गीपालकों को भी व्यापक नुकसान हुआ है पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन सरवण कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इक्यावन स्थानों पर पश्म चिकित्सा शिविर लगाये गये हैं इन शिविरों में पश्मओं के इलाज और टीकाकरण की व्यवस्था है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि अभी तक पौने चार लाख बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में छह छह हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि भेज दी गयी है राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है पटना के दीघा घाट गांधी घाट और हाथीदह में नदी खतरे के निशान के नजदीक बह रही है मुंगेर और भागलपुर में भी कई स्थानों पर गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान के आस पास पहुंच गया है कोसी बूढ़ी गंडक गंडक बागमती कमला बलान महानंदा और घाघरा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सीवान जिले के दरौली में घाघरा नदी का जलस्तर बाईस साल में अब तक सबसे ऊपर है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान खगड़िया सारण पूर्वी चंपारण सहरसा दरभंगा और मधेपुरा जिले में सत्ताईस लोगों की ड्रबकर मौत हो गयी इधर कल आयी तेज आंधी के दौरान दरभंगा जिले के हाया घाट प्रखंड में एक नौका के पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं खगड़िया में हुये नौका हादसे में अब तक नौ लोगों के शव बरामद किये गये हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गयी है बंगाल की खाड़ी और उसके आस पास निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हो रहा है कल शाम तेज आंधी के कारण प्रदेश में अनेक स्थानों पर पेड़ उखड़ गये और बिजली के खंभों के गिरने से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौंसठ हजार सात सौ बत्तीस हो गयी है राज्य में दो हजार सात सौ एक नये मामलों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक चार सौ अठहत्तर नये मामले पटना जिले से सामने आये हैं कटिहार से एक सौ छियानवे सारण से एक सौ चौंसठ वैशाली से एक सौ चार और पूर्वी चंपारण एक सौ तीन मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर से निन्यानवे मुजफ्फरपुर भोजपुर और मधुबनी से नब्बे नब्बे जहानाबाद से पचासी बेगूसराय से चौरासी नालंदा तथा गया से छिहत्तर छिहत्तर और समस्तीपुर से बहत्तर मामले सामने आये हैं रोहतास से छियासठ पूर्णिया से पैंसठ मुंगेर से चौंसठ और सुपौल से तिरसठ मामलों की पुष्टि हुई है एक हजार छह सौ दस मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बयालीस हजार तीन सौ सत्तर हो गयी है

वहीं राज्य के अलग अलग जिले में बीस संक्रमितों की मौत के बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन सौ उनहत्तर हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के रिकार्ड इक्यावन हजार नौ सौ चौबीस नमूनों की जांच की गयी एक दिन में अब तक का यह सर्वाधिक आंकड़ा है राज्य में अब तक सात लाख उनतालीस हजार अठहत्तर नमूनों की जांच हो चुकी है इधर पटना जिले में कोविड उन्नीस मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है राज्य में सबसे अधिक मामले पटना जिले से आये हैं यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार आठ सौ चार हो गयी है वहीं लगभग सात हजार लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जिले में अब तक छप्पन लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है रेलवे ने आठ अगस्त से पटना हावड़ा स्पेशल समेत हावड़ा से खुलने वाली कई स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया है पश्चिम बंगाल में आठ अगस्त से लॉकडाउन शुरू किये जाने की घोषणा के बाद रेलवे ने यह निर्णय लिया है रेलवे कोरोना संकट के समय किसानों की मदद के लिए कल से किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलायेगा यह विशेष साप्ताहिक ट्रेन पटना के दानापुर और महाराष्ट्र के देवलाली के बीच चलेगी इस विशेष ट्रेन के माध्यम से किसानों की फसल सब्जियां फल और अन्य चीजें देशभर के बाजार तथा उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचेगी

औरंगाबाद जिले में पिछले दिनों दाउदनगर थाना क्षेत्र के जिनौरिया में इंडियन बैंक की एक शाखा में उनहत्तर लाख रूपये लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है इस मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया और लूट के तीन लाख चौहत्तर हजार रूपये भी बरामद कर लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अयोध्या में राम जन्म भूमि पूजन और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इससे संबंधित चित्रों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है अयोध्या में भूमि पूजन अतीत की नींव पर आगत का आगाज प्रभात खबर की सुर्खी है प्रधानमंत्री ने रखी श्रीराम मंदिर की नींव इसी अखबार ने बिहार में कोरोना की बढ़ती जांच संख्या को लेकर लिखा है बिहार में प्रतिदिन कोरोना जांच पचास हजार के पार दैनिक जागरण ने दरभंगा चम्पारण और गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री द्वारा हवाई सर्वेक्षण किये जाने को प्रमुख खबर बनाते हुये लिखा है बाढ़ राहत शिविरों में रोज मिलेगा काढ़ा दैनिक भास्कर ने अभिनेता सुशात सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच से जुड़े विवाद को प्रमुख खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है बिहार सरकार की सिफारिश केन्द्र ने मंजूर की सीबीआई को सौंप दी जांच दैनिक आज की सुर्खी है आंगनबाड़ी केन्द्रों का बदलेगा मॉडल और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हुई